मुख्यमंत्री ने कहा किसान मजदूर और वनवासियों के जेब में पैसा आने से ग्रामीण और शहरी व्यवसाय में होगी बढोत्तरी

कोरोना मरीज प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित पैंतालीस और नए मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें राजनांदगांव से दस बिलासपुर और मुंगेली में नौ नौ कोरिया तथा रायगढ़ से चार चार गौरेला पेण्ड्रा मरवाही से तीन सरगुजा से दो और बलौदाबाजार तथा जशपुर में एक एक मरीज मिले हैं वहीं आज बिलासपुर सरगुजा बेमेतरा गरियाबंद रायगढ़ और कोरिया से एक एक नए कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पुष्टि हुई है ये समी मरीज प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें क्वारेंटाइन सेंटर भें रखा गया था इन्हें भिलाकर छत्तीसंगढ़ में कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या बढ़कर अब दो सौ बाईस हो गई फिलहाल एक सौ पचपन मरीजों का इलाज चल रहा है वहीं सडसठ मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के मुताबिक आज बिलासपुर में मिला कोरोना पॉजीटिव मरीज छह साल का बच्चा है इसके परिवार के तीन सदस्य पहले ही कोरोना संक्रमित पाए गए थे कल भी जिले में नौ कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे जिले में अब तक चौबीस कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है जिनमें से चार मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं वहीं मुंगेली जिले में बीती रात कोरोना संक्रमित नौ मरीज मिले ये सभी प्रवासी मजदूर हैं और क्वारेंटाइन सेंटर में थे जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर बारह हो गई है इधर सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र में एक और कोरोना पॉजीटिव मरीज मिला है यह मरीज प्रवासी श्रमिक है और इसे एकलव्य क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था उघर रायगढ़ जिले में लैलूंगा ब्लॉक के मुकदेगा क्वारेंटाइन सेंटर में मुंबई से लौटी पच्चीस वर्षीय महिला की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है इसी के साथ जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़कर दस हो गई है वहीं बेमेतरा जिले में मिला दूसरा कोरोना पॉजीटिव मरीज साजा से दो किलोभीटर दूर अमलीडीह गांव का रहने वाला है मरीज को एम्स रायपुर में भर्ती कराया जाएगा इसी तरह कोरिया जिले में मिले पॉजीटिव मरीज उन्नीस साल का एक युवक है जो मुंबई से लौटा था इस युवक को गृहग्राम कटकोना में ही क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था इस बीच जांजगीर चांपा और कोरिया जिले के तीन मरीज आज स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौटे हैं इनमें जांजगीर चांपा के दो और कोरिया जिले का एक मरीज शामिल है वहीं बालोद जिले के डौंडी में आज एक कोरोना संदिग्घ युवती की मौत हो गई यह युवती ग्राम पचेड़ा के क्वारेंटाइन सेंटर में रह रही थी अभी उसका कोरोना जांच रिपोर्ट आना बाकी है मृतक युवती चौदह मई को आंध्रप्रदेश से लौटी थी मुख्यमंत्री विशेष कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के किसानों मजदूरों और वनवासियों की जेब में पैसा आने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि इससे ग्रामीण और शहरी व्यवसाय में भी बढ़ोत्तरी होगी उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले साल किसानों की ऋण माफी और पच्चीस सौ रूपये प्रति क्विंटल धान खरीदी से देशव्यापी मंदी के बावजूद छत्तीसगढ इससे अछता रहा श्री बघेल ने आज रायपुर में आकाशवाणी से प्रसारित विशेष भेंटवार्ता कार्यक्रम में कोरोना संकट के दौर में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों प्रवासी मजदूरों वनवासियों और ग्रामीणों सहित समाज के सभी वर्गों के हित भें उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम भिले उनके साथ न्याय हो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है इ श्री बघेल ने कहा कि आने वाले वर्ष में दलहन तिलहन की फसल को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा उन्होंने बताया कि प्रदेश के भुमिहीन किसानों को भी इस योजना में शामिल करने के लिए मुख्य सचिव अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने प्रस्तुत की करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ में मनरेगा के काम शुरू किए गए और अभी लगभग छब्बीस लाख मजदूर कार्यरत हैं श्री बघेल ने बताया कि वर्तमान में नब्बे प्रतिशत से अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठान शुरू हो चुके हैं हालांकि ये अभी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे उनकी क्षमता बढ़ती जाएगी

मुख्यमंत्री ने बताया कि बीपीएल परिवारों के राशन कार्डघारियों को अगले महीने भी निःशुल्क चावल का वितरण किया जाएगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें प्रति व्यक्ति पांच किलो के हिसाब से चावल दिया जाएगा साथ ही जिन मजदूरों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं है उनके लिए तत्काल जॉब कार्ड बनाया जाएगा ताकि उन्हें मनरेगा में काम मिल सके श्री बघेल ने प्रदेश की जनता से आग्रह किया कि कोरोना पॉजीटिव मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें लेकिन बचाव के समूचित उपाय करने होंगे उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाली जगह में जाने से बचे मास्क अनिवार्य रूप से लगाएँ और अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें इन सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने से ही इस संक्रमण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं इस विशेष भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण कल सुबह साढ़े दस बजे से किया जाएगा आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रसारित किए जाने वाले इस कार्येक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के समी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे

कोरोना कौशिक पत्रकारवार्ता नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास को नाकाफी बताया है उन्होंने कहा कि पिछले तीन चार दिनों में जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है वह आने वाले दिनों के लिए खतरे की घंटी है श्री कौशिक ने कहा कि यदि समय पर ठोस उपाय नहीं किए गए तो राज्य में विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है श्री कौशिक ने आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में आरोप लगाया कि राज्य में केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है सब्जी बाजार हो या शराब द्कानें सरकार को भीड को नियंत्रित नहीं कर पा रही है उन्होंने आम जनता से भी आग्रह किया कि वे नियमों का पालन करें श्री कौशिक ने सरकार को कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं

नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस के कारण राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के बाद लगभग दो महीने तक विमान सेवाए स्थगित रखने के बॉद फिर शुरू की जा रही है वहीं रेलवे ने देश में अगले दस दिन में दो हजार छह सौ और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है इससे विभिन्न स्थानों पर फंसे छत्तीस लाख लोगों को राहत मिलेगी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के यादव ने कहा कि एक मई से अब तक पैंतालीस लाख से अधिक लोग अपने अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान फंसे कामगारों पर्यटकों श्रद्वालुओं विद्यार्थियों और अन्य लोगों को विभिन्न स्थानों पर पहंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाडियों का परिचालन शुरू किया था गौरतलब है कि श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां संबंधित दोनों राज्य सरकारों के अनुरोध पर गंतव्य स्थलों तक चलाई जा रही हैं रेलवे और राज्य सरकारों ने समृचित समन्वय और परिचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है नोडल रोजगार संगी ऐप कोरिया जिले में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने और प्रशिक्षार्थियों तथा नियोक्ता फर्मों का पंजीयन रोजगार संगी ऐप के माध्यम से किया जाएगा इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर पंजीयन करना होगा जिसमें प्रशिक्षार्थियों को रोजगार और नियोक्ताओं को विभिन्न कोर्स में प्रशिक्षित युवाओं की जानकारी मिल सकेगी इीरम श्रद्धांजलि दिवस प्रदेश में कल पच्चीस मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा इस दिन प्रदेश के सभी शासकीय और अर्द्द शासकीय कार्यालयों में शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर श्रद्वांजलि दी जाएगी और राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने की शपथ ली जाएगी राजनादगांव नगर निगम में भी कल श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा महापौर हेमा सुदेश देशमुख ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुरूप कल सुबह ग्यारह बजे नगर निगम सभागृह में झीरम हमर्ले में शहीद उदय मुदलियार की पत्नी अलका मुदलियार और शहीद अल्लानूर की पत्नी रसिदा बानो की उपस्थिति में शहीदों को श्रद्वांजलि दी जाएगी गौरतलब है कि पच्चीस मई दो हजार तेरह को झीरम घाटी में माओवादी हिंसा के शिकार हुए प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं सुरक्षा बल के जवानों और बीते वर्षों में माओवादी हिंसा के शिकार हुए अन्य सभी लोगों की स्मृति में यह श्रद्वांजलि दिवस मनाया जाएगा

कोरोना वायरस महामारी के दौरान अधिकतर उद्योगों पर विपरीत असर पडा है ऐसे में राजनांदगांव जिले में एक स्व सहायता समूह की महिलाओं ने लाखों रुपये अर्जित किये हैं लॉकडाउन के दौरान मां बम्लेश्वरी महिला स्व सहायता समूह की लगभग दस हजार सदस्यों ने सैंकड़ों टन जिमीकंद का उत्पादन किया है इन ग्रामीण महिलाओं ने लॉकडाउन के चलते जिमी कांदा की ऑनलाइन बिक्री भी शुरू कर दी है समूह द्वारा फोन से बुकिंग प्राप्त कर होम डिलीवरी दी जा रही है इस स्व सहायता समूह की ँ महिलाओं ने सिर्फ जिमी कांदा का उत्पादन ही नहीं किया बल्कि कोरोना वायरस के इस चुनौतीपूर्ण समय में फेस मास्क की मांग को देखते हुए तीन लाख मास्क भी तैयार किए हैं इन मास्क के लिए समूह को मुंबई सहित अन्य शहरों से ऑनलाइन ऑर्डर मी प्राप्त हो रहे हैं राजनांदगांव से मिथिलेश देवांगन के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला ईद उल फितर प्रदेश में कल ईद उल फितर का त्यौहार पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाएगा रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति पर यह पर्व मनाया जाता है इस अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों में ही नमाज अदा करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने निर्णय लिया गया है कि सभी मुसलमान ईद उल फितर की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा करेंगे ताकि लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन हो सकें वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को वैश्विक महामारी घोषित की गई है इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुस्लिम समाज सहित समस्त प्रदेशवासियों को ईद उल फितर के पवित्र पर्व की बधाई और शुभकामनाए दी हैं मौसम प्रदेश में आगामी दो दिनों तक दुर्ग बिलासपुर और रायपुर संभाग में लू चलने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर देर शाम या रात में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है मौसम विमाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अभी एक द्रोणिका छत्तीसगढ़ से दक्षिण तमिलनाडु तक बनी हुई है साथ ही ऊपरी हवा में एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है जिसकी वजह से दक्षिण पश्चिम से गर्म और शुष्क हवा आने के कारण लू चलने की संभावना है संक्षिप्त समाचार दुर्ग परिवहन कार्यालय से पंजीकृत नान कार्मिशियल वाहन को दुर्ग बायपास प्रोजेक्ट के टोल प्लाजा द्वारा आगामी एक जून से किसी भी प्रकार के टोल टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के दौरान सब्जी फल डेयरी और पनीर की दुकानें सुबह छह से शाम छह बजे तक प्रतिदिन खुलेंगी राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा थाना क्षेत्र में इसी महीने आठ मई को माओवादी हमले में शहीद सरगुजा जिले के एसआई श्याम किशोर शर्मा की आदमकद प्रतिमा उनके गृहग्राम खाला में स्थापित की जाएगी साथ ही गांव के तालाब और चौक का नाम भी शहीद एसआई के नाम पर रखा जाएगा बस्तर सांसद दीपक बैज को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है यूवक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है राजनांदगांव जिले में अंबागढ़ चौकी के ग्राम कुम्हली निवासी एक व्यक्ति के खाते से एक लाख दस हजार रूपये की ठगी कर ली गई आरोपी ने बैंक मैनेजर बनकर पीड़ित व्यक्ति से एटीएम का पासवर्ड मांगा और खाते से रकम निकाल ली महासमुंद जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रवासी मजदूरों की जांच के लिए रैपिड टेस्ट किट कॉ प्रयोग बढ़ा दिया गया है जिले में आरडी किट से अब तक एक हजार सात सौ इकहत्तर संदिग्ध मरीजों की जांच की जा चुकी है बालोद जिले के डौंडीलोहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के बीएमओ एसएल ओइका की जगह मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विनोद चौरका को बीएमओ की जिम्मेदारी दी गई है सायकल के जरिये सूरत से कलकत्ता लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को आज कबीरधाम जिले के चिल्फी में भोजन उपलब्ध कराया गया बाद में उन्हें राज्य की अंतिम सीमा तक बस से छोड़ा गया जगदलपुर के एक होटल में बीती रात जुआं खेल रहे बारह युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनके पास से दो लाख रूपये से अधिक की नगद राशि और मोबाइल बरामद किया गया है